दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल पहुंचा

मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस के पांच और संदिग्ध बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गयी है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गर्मी के इस मौसम में अब तक इस बीमारी से बाईस बच्चों की मौत हो चुकी है एसकेएमसीएच के शिशू रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल साहनी ने बताया कि अभी अठारह बच्चों का इलाज चल रहा है निगरानी जांच ब्यूरो ने आज पथ निर्माण विभाग पटना के कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद यादव और उसके कैशियर को चौदह लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार यह गिरफ्तारी कार्यपालक अभियंता के पटेल नगर स्थित आवास से हुई है गिरफ्तार अधिकारी एक टेंडर के आवंटन के एवज में शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था मौके से निगरानी की टीम ने कई सम्पत्तियों के कागजात और बड़ी मात्रा में नकद राशि भी बरामद की है एक सप्ताह की देरी के बाद मॉनसून ने आज केरल में दस्तक दी जो देश में वर्षा के मौसम की शुरूआत है भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि मॉनसून की आज कोरल के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा के साथ शुरूआत हुई है

इसकी वजह से साउथ केरला में आज मानसून पहुंच गया है

इधर मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अठारह से बीस जून के बीच राज्य में मॉनसून के पहुंचने की सम्भावना जतायी है इस बार मॉनसून की बारिश सामान्य रहने की सम्भावना है प्रदेश के सभी पंचायतों के एक एक गांव में दस जून से तीस जून तक किसान चौपाल का आयोजन किया जायेगा

उन्होंने बताया कि किसान चौपाल में खेती की नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी जायेंगी साथ ही किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे खेत में फसलों के अवशेष नहीं जलायें कृषि मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में नौ सौ सत्रह लाख रूपये से अधिक की लागत से बावन हजार तीन सौ एकड़ क्षेत्र में धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा सांसदों विधायकों जिला पंचायत अध्यक्षों केन्द्र और राज्य सरकार के सेवारत तथा सेवानिवृत अधिकारियों तथा कर्मचारियों और आयकर देने वाले किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र निर्गत किया है पेशेवर संस्थाओं से पंजीकृत चिकित्सक इंजीनियर वकील चाटर्ड एकांउटेंट और वास्तुविद भी पीएम किसान योजना का हिस्सा नहीं होंगे ऐसे किसान परिवारों को भी इस योजना से बाहर रखा गया है जिनके किसी सदस्य को सेवानिवृत कर्मचारी के रुप में दस हजार या उससे अधिक की मासिक पेंशन मिल रही है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एकबार फिर दोहराया कि उनकी पार्टी पूरी एकजुटता के साथ एनडीए में है श्री कुमार पटना में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि जदयू गठबंधन के भीतर संसद सदस्यों की संख्या के अनुपात में मंत्रिमंडल में मंत्री बनाये जाने के फार्मूले का समर्थन करता है इससे पहले श्री कुमार ने पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की इस अवसर पर जदयू के अरुणाचल प्रदेश ईकाई के भी कई पदाधिकारी उपस्थित थे कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में आयोजित होगी उप मुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित पांच शहरों में वायु गुणवत्ता जांच केंद्र स्थापित किये जायेंगे उन्होंने बताया कि पटना मुजफ्फरपुर गया भागलपुर और दरभंगा में एक एक वायु गुणवत्ता जांच के नए केन्द्र स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं श्री मोदी ने कहा कि लगभग सत्रह करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन केन्द्रों का निर्माण कार्य इस साल नवम्बर तक पूरा कर लिया जायेगा इक्कीस जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग तीस हजार लोग सामूहिक योगाभ्यास में शामिल होंगे यह कार्यक्रम झारखंड में रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित किया जायेगा गौरतलब है कि इस वर्ष पांचवां विश्व योग दिवस आयोजित किया जा रहा है पूरे विश्व में आम लोग गैर सरकारी संगठन और सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आशा व्यक्त की है कि इस वर्ष इक्कीस जून को योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि योग भारत की अपनी विरासत है साथ ही यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश्व को उपहार भी है बाईट स्वस्थ जीवन के लिए विश्व को भारत का एक तोहफा योगा के रूप में देखा जाता है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस वर्ष योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न मीडिया संस्थानों को पुरस्कृत किया जायेगा

ग्यारह रेडियों को सम्मानित किया जायेगा और ग्यारह टीवी चौनल्स को सम्मानित किया जायेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अधिक उत्साह से इस पूरी दुनिया को जो एक स्वस्थ जीवन का ये जो लक्ष्य है उसके लिए माध्यमों का अच्छा उपयोग करेंगे और सभी सहभागी होंगे